आज शिमला में ैलोकसेवा आयोग में करीब पौने दो करोड़ रूपए की लागत से बने आध्रनिक ऑनलाईन कम्पयूटर आधारित परीक्षा केन्द्र का शुभारम्भ करने के बाद उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि आयोग समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभा रहा है और आईटी के प्रभावी इस्तेमाल से कठिन कार्य को कम समय में पूरा करने के साथ साथ अभ्यार्थियों का आयोग के प्रति विश्वास बढेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोकसेवा आयोग ऑनलाईन और ऑफलाईन परीक्षाएं अपने परीक्षा भवन में ही संचालित कर सकेगा उन्होंने कहा कि अभ्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए धर्मशाला में सुविधा कोन्द्र स्थापित करने की मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शिमला स्थित मानसिक रोग व पुनर्वास चिकित्सालय का आज औचक निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल में रोगियों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिएं विपिन परमार ने अस्पताल में भर्ती विभिन्न रोगियों के बारे और बाहरी राज्यों के रोगियों के संबंध में अस्पताल प्रशासन को उनके परिजनों के साथ मिलाने के लिए और अधिक प्रयास करने के निर्देश भी दिए सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जंगलों के संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हरनेरा में पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वनों को रोजगार का साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है

ऊना जिला के थानाकलां में आज पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पंचायतों को आगे आकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए

उन्होंने कहा कि पंचायतों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए सरकार कई काम कर रही है जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं रेडक्रॉस पौधरोपण इधर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी ने वन विभाग के संयुक्त सहयोग से शिमला के टूटीकंडी में पौधरोपण किया इस अवसर पर सोसायटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकूर ने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अधिक पौधे लगाने पर बल दिया उन्होंने लोगों से पौधरोपण अभियान से जुड़कर वनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का आहवान भी किया महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशिम धर सूद ने राज्यसभा में तीन तलाक पर हुए फैसले को सराहनीय बताया है आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा किया है और इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा रश्मिधर सूद ने इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है

प्रेमचंद की कहानियां समाज के सच से सामना कराती हैं साथ ही सत्य न्याय और निष्ठा की महत्ता रेखांकित करती हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी अभाव और शोषण के खिलाफ आवाज मुखर की है

इस वर्षा से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है

राजधानी शिमला व आसपास के इलाको में रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है और इस दौरान कई इलाकों में हल्की ध्रंध भी छाई रही

विभाग ने आज मध्यवर्ती व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है